स्वास्थ्य विमाग से भिले आंकड़ों को आधार पर पिछले एक हफ्ते में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या नये संक्रमित लोगों की संख्या से अधिक हो गई है बीते पच्चीस अप्रैल से एक मई तक प्रदेशमर में तिरानवे हजार चार सौ छिहत्तर लोगों ने कोरोना को मात दी है वहीं इस दौरान संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या बयानवे हजार दो सौ चालीस है इस तरह स्वस्थ होने वालों की संख्या एक हजार दो सौ छत्तीस से ज्यादा रही इस दौरान लगभग तिरानवे प्रतिशत मरीज होम आइसोलेशन में इलाज कराकर स्वस्थ हुए हैं पिछले हफ्ते कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर एक सौ एक प्रतिशत रही स्वास्थ्य विभाग के आंकडो के अनुसार अप्रैल महीने के शुरूआत में रायपुर दर्ग बलौदाबाजार राजनांदगांव और जशप्र जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी लेकिन अप्रैल के आखरी हफ्तें में रायपूर जिले में उनतीस प्रतिशत की काफी कमी आई है वहीं राजनांदगांव जिले में चौबीस प्रतिशत दूर्ग में पन्द्रह और जशपुर में ग्यारह प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है

कोरोना टीकाकरण प्रदेश में अब तक करीब छप्पन लाख तेईस हजार कोविड वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है यह संख्या प्रदेश की जनसंख्या के लगभग पांचवे हिस्से के बराबर है छत्तीसगढ टीकाकरण के मामले में एक करोड से अधिक आबादी वाले राज्यों में केरल के बाद देश में दूसरे स्थान पर हैं टीकाकरण के साथ ही प्रदेश में अब तक बहत्तर लाख सत्तर हजार से ज्यादा लोगों की कोरोना की जांच की जा चुकी है वहीं पैंतालीस वर्ष से अधिक आय के लोगों का टीकाकरण भी प्रदेश में चल रहा है कल पुरे प्रदेश में तेईस हजार सात सौ दस पात्र लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराक दी गई

कल रात तक मिले आंकड़ों के अनुसार बेमेतरा को छोड़कर प्रदेश के बाकी सत्ताईस जिलों में आठ हजार पांच सौ उनयासी लोगों को कोविड के टीके लगाए गए सबसे ज्यादा एक हजार तीन सौ तैंतीस टीके रायगढ़ जिले में लगाए गए बस्तर जिले में एक हजार छब्बीस लोगों ने टीके लगवाए वहीं सात जिलों में टीका लगवाने वालों की संख्या तीन सौ से छह सौ के बीच रही टीका लगवाने के लिए को विन प्लेटफॉर्म और आरोग्य सेत् ऐप पर पंजीयन कराए जा सकते हैं उधर कोंडागांव जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रूद्र कुमार ने कल टीकाकरण का ऑनलाइन शुभारंभ किया इस मौके पर गुरू रूद कुमार ने जिले के अधिकारियों से कहा कि वे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अधिक से अधिक संख्या में शुरूआती लक्षण वाले लोगों की जांच करें इससे समय पर इलाज मिलने से अन्य लोगों तक कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सकेगा कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक मोहन मरकाम और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए

इस वजह से सभी तरह की व्यापारिक गतिविधियां भी स्थगित हैं कंटेनमेंट जोन के नियमों के कारण राज्य के लघ और मध्यम व्यवसायियों की परेशानियों को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्र सरकार से राज्य के व्यावसायियों को वांछित राहत प्रदान करने का अनुरोध किया है इस संबंध में छत्तीसगढ चौम्बर ऑफ कामर्स के अनुरोध पर मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर कुछ राहत देने का अनुरोध किया है श्री बघेल ने अपने पत्र में कहा है कि व्यवसायियों द्वारा टीडीएस और टीसीएस अधिनियम के तहत अपने खातों का भिलान कर विभिन्न प्रकार की विवरणियों को निर्धारित समय सीमा में प्रस्तूत कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है उन्होंने केन्द्र सरकार से मांग की है कि इन विवरणियों को प्रस्तत करने की अप्रैल और मई माह की तिथियों को दो माह के लिए बढ़ाया जाए

इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की कल संख्या करीब सात लाख छप्पन हजार से अधिक हो गई है वर्तमान में लगभग एक लाख बीस हजार मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण की वजह से एक सौ चौव्न लोगों की मृत्यु हुई है इस बीच रायपुर जिले के सभी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए उपलब्ध बिस्तरों की वास्तविक जानकारी के लिए एक नया पोर्टल सीजी कोविड जन सहायता डॉट कॉम श्ररू किया गया है इस पोर्टल में जिले के लगभग नब्बे प्रतिशत निजी कोविड अस्पतालों में उपलब्ध बिस्तरों और अन्य सविघाओं की जानकारी दी गई है बचे हुए अस्पतालों की जानकारी भी जल्द ही शामिल की जाएगी कल रात की स्थिति में रायपुर के विभिन्न अस्पतालों में बिस्तरों की जानकारी से यह मालूम होता है कि जिले में करीब चौबीस सौ बिस्तर खाली है इनमें ऑक्सीजन वाले एक हजार अट्ठाईस तीन सौ पन्दह आईसीयू और चौसठ वेंटिलेटर वाले बिस्तर भी शामिल हैं स्वास्थ्य विमाग ने बताया है कि अगले तीन दिनों में रायपुर जिले के साथ ही प्रदेशभर के सभी अस्पतालों में उपलब्ध बिस्तरों की जानकारी भी इस पोर्टल पर उपलब्ध करा दी जाएगी वहीं रायपुर जिले में कोरोना के इलाज संबंधी जानकारी सुविधा और सेवाओं के लिए विभिन्न कंट्रोल रूम बनाए गए हैं नागरिक इन कंट्रोल रूम के माध्यम से जानकारी और सहायता प्राप्त कर सकते हैं जिला प्रशासन ने अस्पतालों में इलाज के दौरान राज्य सरकार द्वारा तय की गई दर से अधिक राशि लेने या अन्य सेवाओं के लिए अतिरिक्त पैसे मांगने की शिकायत दर्ज कराने के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया है

इसी तरह होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के घर तक ऑक्सीजन पहंचाने के लिए एक वाटसऐप नंबर जारी किया गया है

इस दौरान कलेक्टर ने कोविड केयर सेंटर में मरीजों के लिए की गई व्यवस्थाओं को देखा तथा कंट्रोल रूम में सेवा देने वाले डॉक्टरों से वहां की व्यवस्थाओं पर चर्चा की उन्होंने सीसीटीवी के जरिए मरीजों की निगरानी की व्यवस्था को भी देखा इसके पश्चात कलेक्टर ने कोंडगांव जिले में कोरोना के सबसे ज्यादा संक्रमण वाले स्थान बोरगांव का दौरा किया उन्होंने वहां अधिकारियों को कंटेनमेंट जोन बनाकर मरीजों के लिए और बेहतर इलाज के निर्देश दिए वहीं सेंट्रल जेल दूर्ग में कोरोना के छब्बीस संक्रमित मरीज मिल हैं इनका जेल के भीतर बनाए गए कोविड केयर सेंटर में इलाज चल रहा है

इसके जरिए जिला पुलिस के आरक्षक घर पर ही रहकर इलाज करा रहे कोरोना मरीजों से हर दिन फोन पर बात करते हैं और उनकी जरूरतों की जानकारी लेते हैं जिला पुलिस द्वारा इन मरीजों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हरंसभव प्रयास किए जा रहे हैं इस बीच धमतरी जिले के भखारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को कोविड केयर सेंटर के रूप में तैयार किया गया है

कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर ने आईसोलेशन सेंटर का जायजा लेकर अधिकारियों को जल्द से जल्द सेवा शुरू करने के निर्देश दिए इसी तरह रायगढ़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कल ऑक्सीजन वाले अस्सी नये बिस्तर तैयार कर लिए जाएंगे कलेक्टर भीम सिंह ने आज अस्पताल पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया वहीं गरियाबंद जिला अस्पताल में दो नए एंबुलेंस के साथ ही ऑक्सीजन बेड की सुविधा में विस्तार किया गया है इस बीच राजनांदगांव शहर के आसपास के करीब दस गांवों में इन दिनों स्थानीय मूर्तिकारों और चित्रकारों का दल सैनिटाईजर और अन्य सामान लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं इसके लिए एक रथ जैसा वाहन भी तैयार किया गया है जिसे सैनिटाईजर रथ कहा जा रहा है दल के सदस्य सैनिटाईजर रथ में बैठकर गांवों के लोगों को सैनिटाईजर बांटे रहे हैं साथ ही कोरोना से बचाव के उपायों का पालन करने की अपील भी कर रहे हैं

विभाग द्वारा कोरोना के लक्षण वाले व्यक्तियों के त्वरित इलाज और उन्हें गंभीर स्थिति में पहुंचने से बचाने के लिए मितानिनों और स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा दवाईयों की किट दी जा रही है इस किट में आइवरमेक्टिन डॉक्सीसाइक्लिन पैरासिटामॉल विटामिन सी और जिंक की गोलियां शामिल हैं वहीं दंतेवाड़ा जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने आज फ्लैग मार्च निकाला इस दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा लॉकडाउन के निर्देशों सहित कोर्रोना से बचाव के उपायों का पालन करने के निर्देश भी दिए गए

उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के प्रयास में टीकाकरण एक ब्रम्हास्त्र है इसके लिये लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है राज्यपाल सुश्री उईके आज आदिवासी समाज के प्रमुखों के साथ हुई वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान राज्यपाल ने कहा कि कोरोना एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुंकी है ऐसे में इस बीमारी से उबरने के लिए सरकार और अन्य संस्थाओं के साथ ही विभिन्न सामाजिक इकाइयों की सहमागिता भी जरूरी है राज्यपाल ने कहा कि इस महामारी से बचने के लिये देश और प्रदेश के सभी नागरिकों को एकजुट होकर अपने कर्तव्यों को निभाना है तभी हम इस महामारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं उन्होंने कहा कि हमें कोरोना से बचाव के लिए समी दिशा निर्देशों का पालन पूरी गंभीरता से करना होगा तभी हम अपने परिवार और समाज को इस कठिन स्थिति से सुरक्षित बाहर निकालने में सफल हो पाएंगे मुख्यमंत्री समीक्षा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों विभिन्न जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर मितानिनों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से लगातार चर्चा कर रहे है इसी कड़ी में आज उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिलासपुर और सरगुजा संभाग के विभिन्न विकास खंडों के ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और मितानिनों से बातचीत की चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने गांवों में संक्रमित लोगों के इलाज के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जा रही कोरोना दवा किट की उपयोगिता और वितरण के बारे में जानकारी ली मुख्यमंत्री ने भितानिनों से कहा कि वे घर घर जाकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करें और साथ ही यह भी बताएं कि लक्षण दिखने पर तुरंत कोरोना किट की दवा लेना शुरू कर दिया जाए ताकि इस बीमारी को शुरुआत में ही रोका जा सके कोविड सामाजिक सहभागिता राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठन और समाजसेवी संस्थाओं के साथ जनप्रतिनिधि भी स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार के लिए बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता निभा रहे हैं इसी कड़ी में महासमुंद जिले में लॉकडाउन के दौरान गरीब परिवारों को संसदीय सचिव और स्थानीय विधायक विनोद चंद्राकर द्वारा अनाज का वितरण किया जा रहा है

वहीं राजनांदगांव जिले के खुज्जी की विधायक छन्नी चंदू साहू ने अट्ठारह वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए विधायक निधि से दो करोड़ मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराए हैं

राजनादगांव जिले में ही अंबागढ़ चौकी के पुलिस जवान इन दिनों अपनी सामान्य ड्यूटी के अलावा कोरोना योद्वा के रूप में भी कार्य कर रहे हैं

उधर कबीरघाम जिले में लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस जवानों को कोरोना से बचाव के लिए फेस शील्ड बांटे गए पुलिस अधीक्षक शलभ कमार सिन्हा ने बताया कि पुलिस के जवान ड्यूटी के दौरान जरूरतमंद लोगों की हर तरह से मदद कर रहे हैं इस बीच कोरोना महामारी पर नियंत्रण और कोरोना पीड़ितों की सहायता के लिए बिलासपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सभी सदस्यों ने अपने अप्रैल माह के पूरे मानदेय के लगभग डेढ़ लाख रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करा दिए हैं मनरेगा रोजगार प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रोजी रोटी की समस्या द्वर करने के लिए मुख्यमंत्री मूपेश बघेल ने मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं इसके तहत निर्देशानुसार बलौदाबाजार माटापारा जिले में करीब सत्तर हजार ग्रामीणों को रोजगार दिया गया है

वहीं एक अन्य व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जाती है प्रलिस के अनुसार शराब पीने के आदि इन युवकों ने नशे की लत में कल रात शराब की जगह स्प्रिट पी ली थी इनकी हालत बिगड़ने पर तत्काल इन्हें मेकाहारा अस्पताल पहुंचाया गया जहां तीन लोगों की मौत हो गई

मौसम बंगाल की खाडी से आ रही नमी के कारण प्रदेश में अगले चौबीस घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बौछारें पडने की संमावना है मौसम विभाग के अनुसार उत्तरप्रदेश और बिहार के ऊपर एक द्रोणिका बनी हुई है इसके प्रभाव से प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने के साथ ही गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है वहीं प्रदेश में एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की भी संमावना है उधर बीजापुर में बीती रात आंधी तूफान के कारण बिजली के खंभे गिर गए वहीं पेड़ों के गिरने से मुख्य मार्ग पर आवागमन भी बाधित हुआ जिला प्रशासन और बिजली विभाग के कर्मचारी स्थिति को सामान्य बनाने में जुटे हुए हैं संक्षिप्त समाचार महासमुन्द जिले के पिथौरा इलाके में जंगली सुअर का शिकार करने वाले छह आरोपियों को वन विभाग ने गिरफ्तार किया है आरोपियों के पास से शिकार में इस्तेमाल किए गए हथियार के अलावा सुअर का मांस बरामद किया गया है धमतरी जिले के माटेगहन धान खरीदी केंद्र में जंगली हाथियों ने उत्पात मचाया इन हाथियों ने आसपास के खेतों में लगाए गए रबी फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है